वित्तमंत्री ने बजट को प्रौद्योगिकी और युवा वर्ग के विकास पर केंद्रित बताया केन्द्रीय बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने और कर कानून को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है बजट घोषणा के अनुसार पांच लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा पांच लाख से साढ़े सात लाख तक की आय पर दस प्रतिशत और साढ़े सात से दस लाख तक की वार्षिक आय पर पन्दह प्रतिशत की दर लागू होगी दस लाख से साढ़े बारह लाख तक की वार्षिक आय पर बीस प्रतिशत की दर से कर लगेगा साढ़े बारह लाख से पन्द्रह लाख तक की आमदनी पर पच्चीस प्रतिशत और पन्द्रह लाख से ऊपर की आमदनी पर तीस प्रतिशत की दर से कर देना होगा निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव है बजट पेश करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार मजबूत हैं और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा इसके बाद ढांचागत बदलाव हुआ है वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार का उद्देश्य है उन्होंने कहा कि दो वर्ष में साठ लाख से अधिक करदाताओं को प्रक्रिया से जोड़ा गया है उन्होंने कहा कि एक अप्रैल दो हजार बीस से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली श्रू की जाएगी श्रीमती सीतारामण ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से कार्यक्रमों की क्रियान्वयन गति कई गुना बढ़ी है वित्तमंत्री ने सस्ती दरों पर दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में जनऔषधि केंद्र के विस्तार का प्रस्ताव किया है उन्होंने दो हजार बीस इक्कीस में शिक्षा क्षेत्र के लिए निन्यानवे हजार तीन सौ करोड़ रूपये और कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रूपये आवंटित किए जाने के प्रस्ताव की घोषणा की वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि कृषि सिंचाई योजना फसल बीमा योजना ग्रामीण सड़क योजना जैसे कार्यक्रमों से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि सरकार ने कूसुम योजना के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण और परम्परागत कृषि विकास पर जोर दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छह करोड़ ग्यारह लाख किसानों के जीवन में खुशहाली आई है वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि सिंचाई योजना के जरिए दलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है कृषि और पशुधन बाजारों में पैदा हुई गड़बड़ियों को दूर करने और कृषि कार्य से जुड़े निवेश को बढ़ाने की जरूरत है साथ ही पश्पालन मध्मक्खी पालन और मछली पालन जैसी कृषि आधारित गतिविधियों को भी बढ़ाया जायेगा वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए जो अन्य घोषणाएं की हैं उनमें प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाना भी शामिल है जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के शीघ्रता से परिवहन के लिए विशेष किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू करने का एलान किया गया है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत बिजली ग्रिड से नहीं जुड़े सौर पम्पों को बढ़ावा देने की योजना के तहत बीस लाख किसानों को शामिल किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बजट में घोषित नए कर सुधार प्रगतिशील साहसी और अभूतपूर्व हैं श्री सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि नई कर व्यवस्था से आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट को देश के बुनियादी ढांचागत विकास रोजगार सुजन किसान हितैशी और विकासोन्मुख बताया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को पिछले एक दशक में सबसे खराब बजट में से एक बताया उन्होंने कहा कि इसमें किसानों और बेरोजगारों के लिए कुछ खास नहीं किया गया बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बजट में गरीब जनता के समस्या का समाधान नही किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्मया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी है वह निर्मया द्ष्कर्म मामले में मृत्युदंड पाये चार दोषियों में से एक है निर्मया सामूहिक दुष्कर्म मामले के एक अन्य दोषी अक्षय ठाक्र ने भी आज दया याचिका दाखिल की अक्षय ठाक्र और तीन अन्य अभियुक्तों को आज फांसी दी जानी थी लेकिन निचली अदालत ने अनिश्चितकाल के लिए उनकी फांसी पर रोक लगा दी है निर्मया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों अभियुक्त की फांसी की नई तारीख के लिए तिहाड़ जेल अधिकारी पटियाला हाऊस अदालत जाएंगे

पुलिस के अनुसार टाण्डा कोतवाली क्षेत्र के कोडरा गांव के चार युवक कल रात नाव से तालाब पार कर मुकामपुर गांव गये थे लौटते समय तालाब में नाव असंतुलित होकर पलट गयी जिससे चारों युवक डूब गये